लोकसभा चूनाव के तीसरे चरण के लिये प्रदेश की दस संसदीय सीटों पर कल तेईस अपल को मतदान होगा

इस चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूं आंवला बरेली और पीलीभीत सीट शामिल है और जानकारी हमारे संवाददाता से प्रदेश में कल होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

अंतर राज्यीय और अंतर्जनपदीय सीमाओं को सील कर कड़ी चौकसी बरती जा रही है इस चरण में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भाजपा के वरुण गांधी और जयाप्रदा समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान प्रमुख उम्मीदवारों में हैं आकाशवाणी समाचार के लिए बरेली से मैं मुल्तान सिंह यादव इस चरण में कुल एक करोड़ अट्ठहत्तर लाख दस हजार नौ सौ छियालीस मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमें छियानवे लाख बीस हजार छह सौ चौवालीस पुरूष इक्यासी लाख नवासी हजार तीन सौ अट्ठहत्तर महिला और नौ सौ चौबीस थर्ड जेंडर मतदाता हैं रामपुर में कल होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

मतदान को सकुशल निष्पक्ष भयमुक्त शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किये गये हैं मतदानकर्मी मतदेय स्थलों की ओर रवाना हो रहे हैं रामपुर लोकसभा सीट पर सपा बसपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी मोहम्मद आजम खां भाजपा की जया प्रदा नाहटा इण्डियन नेशनल कांग्रेस के संजय कपूर के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है शन्नू खान आकाशवाणी समाचार रामपुर बदायूं जिले की दो लोकसभा क्षेत्रों बदायूं और आंवला में बाइस लाख अठहत्तर हजार मतदाता कल नौ उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है एक रिपोर्ट जिले में मतदाता निर्भीक और निडर होकर मतदान कर सकें इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने विशेष तैयारियां की हैं जिले में एक हजार सात सौ ग्यारह पोलिंग सेंटर और दो हजार पांच सौ सत्तावन पोलिंग स्टेशन बनाये गए हैं हर मतदेय स्थल पर पैरामिलिट्री के साथ सिविल के जवानो को भी तैनात किया गया है प्रत्येक पोलिंग बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर साइकिल शुद्ध पीने का पानी और रैम्प आदि की व्यवस्था की गई है बदायूं मंडी समिति से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है अधिकतर पोलिंग पार्टियों ने बूथों पर पहुंचकर मतदान समय से शुरू हो सके इसके तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है मुहम्मद नईम आकाशवाणी समाचार बदायू पीलीभीत जनपद में जिला प्रशासन ने कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है अधिकारी क्षेत्र में दौरा करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं

पोलिंग बूथों पर वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर शुद्ध पेयजल और रैम्प आदि की व्यवस्था की गई है जिले से जुड़ी नेपाल और उत्तराखंड सीमा को सील कर दिया गया है मुख्य मार्गो पर बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जनपदवासियों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की सतीश बाबू आकाशवाणी समाचार पीलीभीत प्रदेश में सातवें चरण की तेरह लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिये आज अधिसूचना जारी कर दी गई इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है प्रत्याशी उन्तीस अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्रों की जांच तीस अप्रैल को की जायेगी दो मई तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं सातवें चरण में महराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांस गांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर आर रार्बट्सगंज लोकसभा सीट पर उन्नीस मई को मतदान होगा इस चरण में कुल दो करोड़ बत्तीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ इकतालीस मतदाता अपने मताधिकार कर प्रयोग करेंगे जिसमें एक करोड़ छब्बीस लाख छियालीस हजार दो सौ अटठ्हत्तर पुरूष और एक करोड़ छह लाख तेईस हजार छह सौ सैंतालीस महिला एवं एक हजार चार सौ सोलह थर्ड जेंडर मतदाता है

इस चरण में तेरह हजार नौ सौ उन्यासी मतदान केन्द्र बनाये गये हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार के सख्त कदमों के कारण ही आतंकवाद अब कश्मीर में सीमित होकर रह गया है

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अमेठी और रायबरेली में जनसभाओं को संबोधित किया उन्होंने अमेठी में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस निर्वाचन क्षेत्र में जान ब्रुझकर कांग्रेस के विकास कार्यक्रम रोके कांग्रेस अध्यक्ष ने रायबरेली में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर न्याय योजना के बहत्तर हजार रूपये पांच करोड़ महिलाओं के खाते में भेजे जायेंगे

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर खीरी और धौरहरा से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया श्री यादव ने निघासन विधानसभा उप चुनाव के सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी मोहम्मद क्यूम के समर्थन में भी जनता से वोट की अपील की केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कौशाम्बी जिले के सराय अकिल कस्बे के नयानगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों किसानों और मजदूरों के लिये लगातार कार्य कर रही है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

लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया जारी है जो तेईस अप्रैल तक चलेगी चौबीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि छब्बीस अप्रैल नाम वापसी की अंतिम तारीख है मतदान बारह मई को होगा इस चरण की बस्ती लोकसभा सीट के लिये आज भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस मौके पर भाजपा नेता और सांसद अनुराग ठाकुर सहित कई मंत्री और पार्टी के नेता मौजूद रहे श्री द्विवेदी ने नामांकन से पूर्व एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस अवसरवादी दल हैं उनका अस्तित्व लोकसभा चूनाव के बाद समाप्त हो जायेगा उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की इसके साथ ही बस्तो संसदीय सीट से पूर्व मंत्री और बसपा नेता राम प्रसाद चौधरी ने भी सपा बसपा गठबंधन के तहत नामांकन किया श्री चौधरी ने नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपना किया कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं किया है इलाहाबाद संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी और फूलपुर सीट से केशरी देवी पटेल ने भी आज नामांकन किया इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे भदोही सीट के लिये आज कांग्रेस के रमाकांत यादव और शिवसेना से प्रमोद कुमार सहित कुल नौ प्रत्याशियों ने नामांकन किया जौनपुर और मछलीशहर संसदीय सीट से आज दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर राफेल मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले को अनुचित तरीके से पेश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया न्यायालय ने पिछले सामवार को श्री गांधी को इस बारे में आज तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने शपथपत्र में कहा है कि उन्होंने चूनावी प्रचार की गर्मजोशी में यह बयान दिया था जिसका उनके विरोधियों ने गलत इस्तमाल किया